प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी

इसके लिये जल्दी ही अध्यादेश लाया जायेगा श्री जावडेकर ने बताया कि ई सिगरेट और ई हक्का से जुडे नियमों का पहली बार उल्लंघन करने पर एक साल तक की सजा और एक लाख रूपये तक का जुर्माना होगा अपराध दोहराये जाने पर तीन साल तक की सजा और पांच लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया जायेगा

उन्होंने इस बारे में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय राष्ट्रीय अभिलेखागार गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में बैठक की रक्षा मंत्री ने कहा कि आम जनता और अधिकारियों को सीमाओं की बेहतर समझ के लिए देश की सीमाओं का इतिहास लिखा जाना जरूरी है इस परियोजना के तहत सीमाओं के सीमांकन सुरक्षा बलों की भूमिका और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन और संस्कृति को भी शामिल किया जायेगा इस परियोजना के दो वर्ष के अंदर पूरा हो जाने की उम्मीद है

श्री पुरी आज नई दिल्ली में भवन वास्तुशिल्प में उभरते रुझान विषय पर आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार के उदघाटन अधिवेशन में बोल रहे थे

जिसके लिये उनके मंत्रालय ने तैयारी पूरी कर ली है उन्होंने कहा कि बदलती जरूरतों के मुताबिक संसद भवन के पुनर्निर्माण की योजना बनाई गई है जिसके लिये वैश्विक स्तर पर विचार आमंत्रित किये गये है

कार्यक्रम की यह सतावनवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने माई जीओवी ओपन फोरम या नमो एप पर अपने विचार भेजने को कहा है

जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सभी लोगों को मदद के लिये आगे आना चाहिये

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज झालावाड जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया

उधर सवाईमाधोपुर और धौलपुर में चम्बल किनारे बसे गांवों में प्रशासन द्वारा मेडिकल कैम्प आयोजित किये जा रहे हैं बांसवाडा प्रतापगढ और चित्तौडगढ में भी हालात अब सामान्य होने लगे है टोंक जिले के बीसलपुर बांध में भी पानी की आवक कम होने के बाद सभी गेट बंद कर पानी की निकासी रोक दी गई है

विभाग की ओर से सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि मच्छर का लार्वा नष्ट करने के लिये बडे पैमाने पर कार्यवाही की जाये

आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग के सचिव आशुतोष पेडणेकर की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बूंदी चूरू नागौर और सवाईमाधोपुर के जिला कलेक्टरों से प्राप्त गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर इन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है

आज दौसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पिछले दस माह के शासन में प्रदेश में कानून और व्यवस्था चौपट हुई है जिसके कारण आगामी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में वापसी होगी

भारत पाक की बैठक में पहली बार यूएनओ शामिल हो रहा है बैठक में इस बार भारत की ओर से देश के प्लांट प्रोडेक्शन डायरेक्टर राजेश मलिक भाग लेंगे

बीकानेर में जिला कलेक्टर ने आज जिले के टिड्डी से प्रभावित क्षेत्रों में हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये

इस अवसर पर दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमान्डिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे रक्षा प्रवक्ता कर्नल सोम्बित घोष ने बताया कि वॉर म्यूजियम में वीर शहीदों की याद में इस श्रद्धाजंलि स्थल का निर्माण करवाया गया है

बांसवाडा जिले कुशलगढ में एसबीआई कृषि विकास बैंक की शाखा से आज एक युवक दस लाख रूपये की चोरी करके फरार हो गया दौसा में आज न्यायालय परिसर में पेशी पर आई एक महिला की उसी के पति ने हत्या कर दी